हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने अधिकारियों को राज्य में दाखिल होने वाले व्यक्तियों को अलग से निगरानी में रखने के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा

उन्होंने बताया कि इस समय इन शिविरों में दस हजार लोग रह रहे है वे चंडीगढ़ मे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे जिसमें उप म्रख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला सहित मंत्रीशामिल थे जबकि कई मंत्रियों ने बैठक में वीडिया कांफ्रेस के माध्यम से भाग लिया

उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य प्रवासी मज़द्रों को इस मुशकिल समय में बना बनाया खाना मुहैया करवाया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सेवामुक्त हो रहे छ विभागों के कई कर्मचारियों का सेवाकाल एक महीनें के लिए बढ़ाया गया है

हरियाणा की मुख्यसचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने अधिकारियों को राज्य में दाखिल होने वाले व्यक्तियों का अलग निगरानी में रखने के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा है

म्ख्य सचिव आज चंडीगढ़ में वीडिया कांफ्रेस के माध्यम से संकट तालमेल समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी उन्होंने प्रत्येक स्वयं सेवी जो भोजन वितरित करने का काम कर रहा है की थर्मल स्कैनिंग स्त्निश्चित करने को भी कहा उन्होंने कहा कि भोजन वितरित करने का काम प्लिस के साथ तालमेल बिठा कर किया जाये

हरियाणा के उपम्रख्यमंत्री श्री द्वष्यंत चौटाला ने सभी ग्राम पंचायतों से तालाबंदी के दौरान कोरोना वायरस से लडऩे व लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने को प्रेरित करने की अपील की है

चंडीगढ़ में जारी एक वक्तव्य में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गत दिनों चण्डीगढ़ से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उन्होंने सभी जिलों के उपायक्तों व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों को गांव के स्कूलों पंचायत घरों व अन्य सार्वजनिक भवनों को शेल्टर होम के रूप में परिवर्तित करने के निर्देश दिए थे उन्होंने कहा कि अब गांव स्तर की ये कमेटियां ऐसे शेल्टर होम्स में सेनेटाइजेशन सा स ई व प्रवासी मजद्रों व जरूरतमंदों के लिए खाने पीने व ठहरने की व्यवस्था का प्रबंधन व मॉनिटरिंग करेंगी देश में तालाबंदी के दौरान आमजन से जूड़ी बस्तुओं की कमी को पूरा करने के लिए अंबाला मंडल ने विशेष पार्सल रेलगाडियां चलाने का थे सला किया है पहली रेल गाड़ी बांद्रा टर्मिनस लूधियाना बांद्रा टर्मिनस के बीच चलेगी और दूसरी पार्सल रेल गाड़ी कंकरिया लुधियाना कंकरिया के बीच चलेगी अंबाला मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी हरि मोहन ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की फ्रेट ट्रैपिक में आपूर्ति संभव नही हो पा रही थी

इसके अलावा इन प्रयोगशालाओं को भारतीय आय्र्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क नमूनों की जांच करने के निर्देश दिये गये है

पानीपत में आज कोरोना से संक्रमित एक और व्यक्ति की स्वस्थ होने के बाद छटटी दे दी है इससे पहले ग्रूग्राम में एक और व्यक्ति को उपचार के बाद छुट्टी दे गई है इसके साथ ही प्रदेश में स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या आठ हो गई है

बताया गया है कि नर्स ने पोजिटिव पाई महिला का महिला का मोबाइल ोन प्रयोग किया था पंचकूला की सिविल सर्जन डा जसजीत कौर ने बताया कि इस महिला के साथ उनके परिवार में उनके दो बच्चे सास सस्र और मकान मालिक रहते है इन सभी को भी अलग निगरानी में रखा गया है और उनके नमूने भी लिये गये है इसके अलावा हिसार से एक और सिरसा से तीन मामले सामने आये है

यह निर्णय देश में तालाबंदी और सरकारी परिवहन कार्यालय के बद होने के कारण लोगों को लोगों को इन दस्तावेज़ो की वैद्यता बढ़ाने में पेश आ रही समस्याओं के मद्देनज़र लिया गया है